मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई भी नागरिक जरूरी इलाज से वंचित न रहे इसके लिए निजी अस्पताल भी करें सहयोग भाजपा के सांसद विधायक और पार्टी पदाधिकारियों ने सांकेतिक विरोध में रखा उपवास स्वास्थ्य मंत्री ने पीएमसीएच का किय निरीक्षण सफाई कंपनी के वित्तीय लेन देन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का दिया निर्देष

अब स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसक कार्रवाई को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बना दिया गया है अध्यादेश में स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को चोट पहुंचाने या उन्हें नुकसान पहुंचाने या संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है

इसलिए उनपर हमले दुर्भाग्यपूर्ण हैं

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी बैठक में उपस्थित थे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने आदेष जारी करते हुए पूरे राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर सभी तरह के तम्बाकू उत्पादों की बिकी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है श्री कुलकर्णी ने बताया कि लोग पान मसाला खैनी जर्दा और गुटखा खाकर थ्रकते हैं जिससे कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है इस कारण सार्वजनिक स्थल पर तम्बाकू पदार्थ को उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है कोडरमा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से लगातार जरूरतमंद और असहाय परिवारों के बीच खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है आज झुमरी तलैया के विशुनपुर मुहल्ले में ऐसे ही सैकड़ों गरीब और असहाय परिवारों के बीच खाद्यान्न सामग्री और मास्क का वितरण किया गया वितरण कार्यक्रम के दौरान जहां सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों से अनुपालन कराया गया वहीं लोगों को मास्क दे कर नियमित तौर पर इसका इस्तेमाल करने की अपील भी की गई

प्रदेश भाजपा ने कोरोना संकट काल में प्रवासी मजदूरों और बाहर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सरकार की आलोचना की है पार्टी के सांसद विधायक और प्रदेश पदाधिकारियों ने इसके खिलाफ आज सांकेतिक उपवास किया

गढ़वा जिले के कई क्षेत्रों में ढील दिये जाने के साथ ही कोरोन संदिग्धों की तलाष तेज कर दी गई है अभी तक एक सौ अड़तीस लोगों का सैंपल कोरोना जांच के लिए रांची भेजा जा चुका है इसमें पचास की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है

भारतीय जनस्वास्थ्य संस्थान के अध्यक्ष डॉ के श्रीनाथ रेड्डी परिचर्चा में हिस्सा लेगे

यह विशेष कार्यक्रम आज रात नौ बजकर पच्चीस मिनट पर एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोई भी नागरिक जरूरी ईलाज से वंचित ना रहे इसके लिए सरकार कृतसंकल्पित है उन्होंने निजी अस्पतालों से भी जनता को परेशान न करते हुए सहयोग करेन की अपील की है

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में संचालित दीदी किचन की अनूठी पहल को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य की माताओं बहनों का धन्यवाद किया है आज पृथ्वी दिवस है इसे पर्यावरण रक्षा के लिए विष्वव्यापी सहयोग प्रदर्षन के वास्ते मनाया जाता है वर्ष उन्नीस सौ उन्हत्तर में युनेस्कों सम्मेलन ने इस दिन को प्रस्तावित किया गया था और पहला पृथ्वी दिवस मनाया गया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर भरपूर देखभाल और अनुकंपा के लिए धरती का आभार व्यक्त किया है ट्वीटर पर श्री मोदी ने कहा कि लोगों को ज्यादा स्वच्छ ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा समृद्ध धरती बनाने के दिषा में कार्य करने का प्रण लेना चाहिए इधर झारखण्ड विधानसभा परिसर में पृथ्वी दिवस के अवसर पर विधानसभा सचिव महेंद्र प्रसाद ने कल्पतरू वृक्ष का रोपण किया जिसमें विधानसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव मध्यकर भारद्वाज समेत कई लोगों ने भाग लिया लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे इस संकल्प के साथ केंद्र सरकार ने गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर भराने के लिए सहायता प्रदान कर रही है प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की एक लाभुक चंदवे निवासी चांदनी कच्छप सिलेंडर मिलने से काफी खुष हैं

पिछले एक सप्ताह में पुलिस ने पीरटांड और टेसाफली गाँव में कैंप लगाकर राहत सामग्री का वितरण किया गिरिडीह एसपी सुरेन्द्र कुमार झा ने कहा कि झारखंड सरकार हर गरीब को इस लॉक डाउन के बीच भोजन देने के लिए संकल्पित है एसपी ने नक्सलियों से मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की गमला जिले में लॉकडाउन की रिथति में पैसा निकालने के लिए बैंकों की भीड में जाने से बचने के लिए गांव में ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से किसी भी बैंक एकाउंट से पैसे की निकासी करने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है

तस्कर अफीम को बड़ी मंडियों में खपाने की योजना बना रहे थे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

स्वास्थ्य मंत्री ने पीएमसीएच में गंदगी का ढेर देखकर आउटसोर्सिंग कंपनी के सारे वित्तीय लेनदेन को तुरंत रोकने का निर्देश दिया साथ ही उन्होंने उपायुक्त अमित कुमार को इस संबंध में आउटसोर्सिंग कंपनी से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया है सूचना एवं प्रसारण मत्रालय ने कार्यालय द्वारा मीडिया पर फेक न्यूज के प्रसार को रोकने और सोषल मीडिया पर वायरल होने वाली अफवाहों का पर्दाफाष करने के लिए स्पेषल यूनिट की स्थापना की है

संक्षिप्त खबरें रांची महानगर कांग्रेस कमिटी की ओर से आज कांके रोड में अनाज वितरण किया गया

इच्छुक जिला प्रशासन भोजन के पैकेट ले जाकर जरूरतमंदों में बांट सकते हैं